प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रिंटमीडिया से आग्रह किया है कि समाचार पत्रो में कोरोना वायरस के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आकड़े एवं अध्ययन शामिल करके इस वायरस के बढ़ रहे खतरे पर प्रकाश डाले

उन्होंने कहा कि मीडिया को सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करना चाहिए और लोगों की भावनायें और अपेक्षायें सरकार तक पहचानी चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार पत्रों की बहत ज्याद विश्वसनीयता है और लोगों द्वारा बड़े स्तर पर स्थानीय पन्ने पढ़े जाते है समाचार पत्र के पत्रकारों ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री द्वारा निभाई जा रही भूमिका की प्रंशसा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शाम आठ बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

विश्व स्वास्थय संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी तेज़ी से फैल रही है

उन्होंने कहा कि ये तथ्य उन देशों से सामने आये है जहां टेस्ट की स्विधा है जबकि इसकी गिनती इससे भी अधिक हो सकती है

केन्द्र सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए वित्तीय पैकेज पर काम कर रही है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जायेगी

बैठक में चार स्थानों पर कोरोना के टेस्ट निजी प्रयोगशालाओं में कराने की स्विधा भी शीघ्र श्रू होगी

ये परीक्षण प्रयोगशालाये सरकार दवारारैफर न किये गये मामलों में भी परीक्षण रिपोर्ट सरकार को देगी

बैठक में सम्बधित उपायुक्तों द्वारा जरूरत अनुसार निजी एमबुलेंस के प्रयोग की इज़ाजत देने का फैसला भी लिया गया बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि कोविड अस्पतालों की योजना बनाने और उन्हें अधिसूचित करने के बारे में कदम उठायें जायेंगे और श्रूआत में चार अस्पतालों को नामित किया जायेगा हरियाणा में तालाबंदी के दौरान आवश्यक वस्त्ओं जैसी वीटा दूध और खाने पीने की अन्य चीजों की निर्विघ्न आपूर्ति की जायेगी इसके लिए गृह विभाग डयूटी पर तैनात प्लिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश जारी करेगा गृह विभाग बैकिंग कर्मियों स्वच्छता लोक वितरण प्रणाली स्वास्थ्य और पेरामेडीकल कर्मचारियों और बीपीओ आदि कर्मियों की सेवाओं को जारी रख्ने के लिए उनकी बिना रोक टोक आवाजाही भी स्निश्चित करेगी हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित एक बैठक में यह फैस्ला लिया गया इसके अलावा पड़ोसी राज्यों हिमाचल पंजाब आदि के लिए आवश्यक वस्त्ओं और कर्मियों का आवागमन भी बाधित नहीं होने दिया जायेगा

उन्होंने बताया कि सम्बधित उपाय्क्त आवश्यक काम में लगे कर्मियों और आवश्यक वस्त्ओं के आवागमन के लिए कम से कम पांच बसों और ट्रकों को अपने अधिकार से रखेंगे उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिए बिना अन्मति के चलने वाली निजी मंडियों को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की होगी और बोर्ड ये भी सुनिश्चित करेगा कि निजी ख्दरा विक्रता सब्जी फल जैसी जरूरी वस्त्ओं का अत्याधिक मूल्य वसूल न करे हरियाणा में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए की गई तालाबंदी के दौरान पंचकुला प्रशासन ने लोगों के घर तक जरूरत का सामान पहंचाने के प्रबंध किये है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिंजौर और कालका के लिए किसानों और विक्रेताओं के नाम गाड़ी का नंबर और फोन नंबर जारी किये गये है